उन्होंने कोविड महामारी की ताजा रिथति और इससे निपटने की तैयारियों तथा प्रबंधन की समीक्षा की

इन राज्यों में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि एसडीआरएफ के बारे में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं और इसके लिए राज्यों को दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों का पता लगाने और उनकी निगरानी के नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने संक्रमित लोगों के परीक्षण उपचार और उन पर नजर रखने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क की महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण के विस्द्व लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाईयां आसानी से पहुंचे यह हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा संयम संवेदना संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता है इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है उसको हमें और आगे जारी रखना है संक्रमण के विस्द्व लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है

संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं राज्यसभा ने इन क्षियकों को कल स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें मंगलवार को पारित किया था

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन को तीनों विधेयकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी औएसएच कोड के माध्यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्याण के प्रावधान समाहित किये गये हैं इसी तरह आई आर कोड द्वारा श्रमिकों के लिये एक प्रमावी विवाद निस्वारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है इस कोड का उद्देश्य यह है कि हर औद्यौगिक संस्थान में चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्यों ना कर रहा हो वहां एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था हैं सामाजिक सुश्क्षा कोड संगठित एवम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढ़ांचा प्रदान करेगा इसमें ईपीएफओ ईएसआईसी ग्रेच्युएटि तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिको हेतु सामाजिक सुरक्षा फ्रंड से सम्बन्धित प्रावधान समाहित हैं श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने मजदूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है

चर्चा में हस्तक्षेप करते हए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा वेतन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तीनों की गारंटी देने वाली यह बिल है

अब चार कोण बन गये तो यह न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी गौरंटी सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा कहीं एक तारीख को मिलता था कहीं पांच तारीख को मिलता था कमी महीने के अन्त में मिलता था ऐसा अब नहीं कर सकते थे समय पर वेतन देना ही पड़ेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये अधिक से अधिक कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के लिये भी कहा मृख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन कोविड अस्पतालों और इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टरों में बैठक कर स्थिति की समीक्षा करे और आगे की रणनीति तय करे मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए नॉन कोविड अस्पतालों सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओपीडी सुविधा श्रू कराने के निर्देश दिये

कोविड संक्रमण को सीमित रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है उधर देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार छठें दिन नए मामलों की तुलना में अधिक रही है

फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी फिटनेस के अनुभवों को साझा करेंगे विराट कोहली मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां इसमें भाग लेंगी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गये इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिये देश को फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है

इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी बुलन्दशहर में हाई वे मार्ग के तिराहे पर विकसित वाटिका का नाम वीर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नाम से करने की घोषणा की

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ रहा है जिसके कारण पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो तीन दिनों तक प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी रहेगा